महागठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर गतिरोध जारी देश भर में अनलॉक का पांचवां चरण लागू

और प्रदेश में कोविड उन्नीस से ठीक होने वालों की दर तिरानवे प्रतिशत हुई

विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिये अधिसूचना आज जारी की जायेगी इसके साथ ही नामांकन का कार्य भी शुरू हो जायेगा इस चरण में सोलह जिलों के विधानसभा की इकहत्तर सीटों पर अठाईस अक्टूबर को वोट डाले जायेंगे नामांकन पर्चे दाखिल करने की अंतिम तारीख आठ अक्टूबर है नामांकन पत्रों की जांच नौ अक्टूबर को की जायेगी जबकि बारह अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं

नामांकन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है नामांकन के लिए दो वाहन लेकर जाने की अनुमति होगी प्रत्याशी को पैदल निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जाने होगा इस दौरान प्रत्याशी के साथ दो व्यक्ति ही रहेंगे विधान सभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में चुनाव आयोग का दल आज गया में औरंगाबाद कैमूर रोहतास सहित बारह जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक करेगा वहीं दिल्ली लौटने से पहले आज ही ये दल राज्य के मुख्य सचिव गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ आज पटना में समीक्षा बैठक करेगा इससे पहले कल आयोग की पूर्ण टीम ने पटना में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की और बेहतर चुनाव प्रबंधन को लेकर सुझाव लिये बैठक में जनता दल यूनाइटेड की ओर से मतदाताओं के बीच मतदान पर्ची वितरित करने की मांग की गयी वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सभी मतदान केन्द्रों पर केन्द्रीय अद्वैसैनिक बलों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है विभिन्न दलों ने छोटी चूनावी सभाओं को प्रखंड स्तर पर अनुमति देने के लिए सिंग्ल विंडो सिस्टम का सुझाव दिया है कांग्रेस ने प्रत्येक दस बूथ पर चिकित्सा दल तैनात करने की मांग की दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी ने पंचायत चुनाव की तरह विधानसभा बूथ बनाए जाने का अनुरोध किया राष्ट्रीय जनता दल ने कोविड के खतरे को देखते हुए सभी मतदाताओं का बीमा कराने की मांग की है विधानसभा चूनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अठहत्तर अधिकारियों को चूनाव पर्यवेक्षक निय्रक्त किया है प्रथम चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस संबंध में पत्र भेज दिया है बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव संबंधी प्रक्रिया पर इन पर्यवेक्षकों की पूरी नजर होगी और ये सीधे चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजेगा इन सभी पर्यवेक्षकों को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेवारी दी गयी है प्रदेश में चूनाव आचार संहिता के तहत वाहनों की सघन जांच जारी है पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र अंतर्गत बिस्कोमान के पास देर रात वाहन चेकिंग के दौरान प्रलिस ने एक कार से चौहत्तर लाख रूपये बरामद किये हैं प्रारंभिक जांच में जब्त कार रोहतास के एक राजद नेता की पायी गयी है कार के ड्राईवर को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है एनडीए में एक से दो दिनों में सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम निर्णय होने की उम्मीद है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने कल पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा से इस मुद्दे पर बातचीत की

बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए बिहार भाजपा प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने कहा है कि सभी घटक दलों के साथ सीटों को लेकर बातचीत जारी है और एक दो दिनों में फैसला हो जायेगा इधर शीर्ष नेतृत्व ने भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव और चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फड़णवीस को जदयू और लोजपा से बातचीत के लिए पटना भेजा है भाजपा के इन वरिष्ठ नेताओं की दोनों दलों से बातचीत के बाद सीटों पर तालमेल की घोषणा होने की संभावना है इधर महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है राजद के साथ गठबंधन पर बिहार के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता स्क्रीनिंग कमिटी के साथ आज नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बातचीत करेंगे इधर हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा और रालोसपा के महागठबंधन से बाहर होने के बाद भाकपा माले ने भी महागठबंधन से हटकर अलग चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है पार्टी ने तीस विधान सभा क्षेत्रो की पहली सूची जारी कर दी है पार्टी के राज्य सचिव क्णाल ने बताया कि अगर सम्पूर्ण तालमेल की कोई संभावना बनती है तो पार्टी उस पर विचार करेगी आयकर विभाग ने वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख दो महीने बढ़ाकर तीस नवम्बर कर दी है केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आदेश में कहा है कि कोरोना के कारण करदाताओं को पेश आ रही परेशानियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आकलन वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए देरी और संशोधित रिटर्न दाखिल करने की तिथि तीस सितम्बर से बढ़ाकर तीस नवम्बर कर दी गयी है इधर केन्द्र सरकार ने वित्तीय वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा को एक महीने बढ़ाकर इक्कतीस अक्टूबर कर दिया है कोरोना संक्रमण के बीच आज से कई नियमों में बदलाव किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार आज के बाद डेबिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से जुड़ी सेवा बंद कर दी जायेगी जिन ग्राहकों को यह सेवा लेनी है उन्हें सर्विस एक्टिवेट करवानी होगी साथ ही इंटरनेट के जरिए लेन देन और ई कॉमर्स जैसी सेवाएं जारी रखने के लिए भी बैकों को बताना होगा बैंकों के जरिए अब सिर्फ एक बेसिक कार्ड ही जारी होंगे जिनमें सिर्फ देश के भीतर एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल मशीन के जरिए ट्रांजेक्शन किया जा सकेगा वहीं बाजारों में बिकने वाली खुली मिठाइयों को लेकर नये दिशा निर्देश जारी किये गये हैं अब मिठाई दुकानदार को मिठाई के इस्तेमाल की समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटरवाहन नियम में परिवर्तन करते हुए कहा है कि आज से वाहन संबंधी जरूरी कागजात सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकेगा इधर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में दी जाने वाली गैस वितरण की अवधि समाप्त हो गयी है

जारी दिशा निर्देश में स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए राज्यों को पन्द्रह अक्टूबर के बाद स्थिति को देखते हुए फैसले लेने की छूट दी गयी है इस दौरान स्कूलों में उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी माता पिता की लिखित अनुमति के बाद ही बच्चे स्कूल आ सकेंगे

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में एक लाख उनहत्तर हजार से अधिक लोग इस महामारी से स्वस्थ हुए हैं फिलहाल बारह हजार तीन सौ छिहत्तर लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है इधर राज्य के विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमण के एक हजार चार सौ पैंतीस नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर एक लाख बयासी हजार नौ सौ छह हो गया है अब तक महामारी से राज्य में नौ सौ चार लोगों की मृत्यु हुई है वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रसून चटर्जी ने कहा है कि भले ही लॉक डाउन के कई प्रतिबंधों में छूट दी गयी है लेकिन लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है

खान और भूतत्व विभाग के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इसके लिए ई चालान की व्यवस्था पूरी तरह लागू रहेगी गौरतलब है कि राज्य में पिछले एक जुलाई से तीस सितम्बर तक नदियों में बालू का खनन बंद था अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने बाबरी ढांचा विध्वंस पर अदालत के फैसले की खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान का शीर्षक है अट्ठाईस साल बाद सीबीआई कोर्ट का फैसला सभी आरोपी बाइज्जत बरी प्रभात खबर ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है सीबीआई की विशेष अदालत ने कहा पूर्व नियोजित नहीं थी घटना दैनिक जागरण की सुर्खी है दारोगा भर्ती परीक्षा की तिथि बढ़ी सिपाही की स्थगित दैनिक भास्कर का शीर्षक है सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिविल सर्विसेज पीटी चार अक्टूबर को होगी और अब अंत में मुख्य समाचार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिये आज जारी होगी अधिसूचना

महागठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर गतिरोध जारी देश भर में अनलॉक का पांचवां चरण लागू

और प्रदेश में कोविड उन्नीस से ठीक होने वालों की दर तिरानवे प्रतिशत हुई